प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सौर ऊर्जा क्षमता का लाभ किसानों तक पहुंचना चाहिए श्री मोदी कल नई दिल्ली में प्रमुख आधारभूत ढांचा क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे इन आधारभूत ढांचा क्षेत्र में बिजली नवीकरणीय ऊर्जा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कोयला और खनन क्षेत्र शामिल हैं

बैठक के दौरान अधिकारियों ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे प्रदेश सरकार ने देवरिया बालिका संरक्षण गृह मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की सिफारिश की है कल रात लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी जांच के लिए यह मामला सीबीआई को सौंपने का फसला किया है

श्री योगी ने कहा कि इस मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका की जांच भी गोरखपुर के अपर पुलिस महानिदेशक से कराई जा रही है पिछली तीस जुलाई को संरक्षण गृह के संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी लेकिन पुलिस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था इस बीच देवरिया संरक्षण गृह की सभी बालिकाओं को वाराणसी स्थित संरक्षण गृह भेजा जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के विकास में प्रजापति समाज का विशेष योगदान है श्री योगी आज लखनऊ में आयोजित भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वग मोर्चा के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार औद्योगिकरण के साथ साथ परम्परागत उद्योगों को भी बढ़ावा देने का काम कर रही है श्री योगी ने कहा कि भारत जैसे देश में जहां अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती है वहां परम्परागत उद्यमों को प्रोत्साहित करके ही समृद्ध समाज की स्थापना की जा सकती हैं राज्य में माटी कला बोर्ड का गठन इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश के डेढ़ हज़ार से अधिक ऐसे गांवों को चिन्हित किया गया है जहां आजादी के बाद से अब तक लोगों को शासन की योजनाओं का फायदा नहीं मिला था सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है प्रदेश में सरकार अनेक योजनाएं चला रही है जिससे बिना भेदभाव के जरूरतमंदों को फ़ायदा मिल रहा है सम्मेलन में पिछड़ा वित्त विकास निगम के अध्यक्ष बाबूराम निषाद पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश प्रभारी विजय बहादुर पाठक सहित प्रजापति समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्डो के दैनिक मानदेय को बढ़ाने की घोषणा की है

श्री योगी ने कल लखनऊ में होमगार्ड्स के मंडलीय प्रशिक्षण केन्द्र के उद्घाटन समारोह में इस आशय का ऐलान किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स संगठन के विकास की अपार सभावना है वे बेहतर प्रशिक्षण हासिल करके अनुशासित ढंग से अपनी अच्छी पहचान बना सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड्स जवानों और अवैतनिक अधिकारियों का बकाया मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द किया जायेगा उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स जवानों के कल्याण कोष की रकम पांच करोड़ रूपये से बढ़ाकर दस करोड़ रूपये कर दी गई है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

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश की सभी तहसीलों और ब्लाकों को टू लेन मार्ग से जोड़ने की व्यवस्था की गई है वह आज लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे इस दौरान श्री मौर्य ने लखनऊ वाराणसी गोरखपुर इलाहाबाद सहित राज्य के सभी अट्ठारह मंडलों में एक एक हर्बल मार्ग बनाये जाने के लिए तुरन्त परियोजना तैयार करने और इसी माह की पन्द्रह तारीख से काम शुरू करने का अधिकारियों को निर्देश दिया उप मुख्यमंत्री ने सबका साथ सबका विकास ग्राम विकास योजना के तहत सात मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़क के दोनों तरफ पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले सौ से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों और मजरों को हर हाल में मुख्य मार्ग से जोड़े जाने का निर्देश दिया इसके अलावा श्री मौर्य ने अधिकारियों को सभी मंडलों में आगामी पन्द्रह अगस्त को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करने को भी कहा है प्रदेश में बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से कई ज़िलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है नेपाल से राप्ती नदी में पानी छोड़े जाने के मददेनजर सिद्धार्थनगर ज़िले में बाढ़ से निपटने क लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है जनपद की पांचों तहसीलों में छियालीस राहत केन्द्र और तीस राहत शिविरों का पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है तथा अनेक स्थानों को चिन्हित कर वहां बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं पीएसी और आपदा मोचन टीम भी तैनात की जा रही है ज़िला प्रशासन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुटि्टयां पच्चीस अगस्त तक रदद कर दी हैं और इन सभी को जिला मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश दिया गया है उधर गोंडा जनपद की तरबगंज और करनैलगंज में घाघरा और सरयू नदियां उफान पर है

बस्तो ज़िले में भी सरयू नदी का जलस्तर निरन्तर बढ़ रहा है जिससे तटवर्ती बंधा में कटान का सिलसिला जारी है कई तटवर्ती गांव जलमग्न हो गये हैं प्रशासन बीडी बांध सहित अन्य बांधों को बचाने के लिए चौकसी बरत रहा है उत्तर प्रदेश राज्य लोकसेवा अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुधीर सक्सेना ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए देश में संवैधानिक संस्थाओं का स्वतंत्र और मजबूत होना जरूरी हैं न्यायमूर्ति सक्सेना आज लखनऊ में चुनाव सुधार में युवाओं की भूमिका विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव आयोग का अधिक से अधिक ताकतवर होना जरूरी है एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स और यूपी इलेक्शन वाच के जरिये आयोजित इस सम्मेलन को प्रदेश के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्नेश कुमार सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी संबाधित किया मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम भरोसेमंद तकनीकी है और पिछले कई वर्षों में इनमें कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई नागपुर में एक व्याख्यान में श्री रावत ने कहा कि ईवीएम के अचानक काम न करने की अधिकतम दर शून्य दशमलव पांच प्रतिशत है

लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि देश ने एक अति लोकप्रिय और प्रख्यात जननेता खो दिया है

राज्यसभा में सभापति एम वैंकैया नायडु ने श्री करूणानिधि को याद करते हुए कहा कि श्री करूणानिधि ने देश और तमिलनाडु के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सभापति ने कहा कि वे तमिलनाडु फिल्म उद्योग में जाने माने पटकथा लेखक थे श्री करूणानिधि ने विधवाओं के पुनर्विवाह छूआछूत और जमींदारी प्रथा खत्म करने सहित विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर बेहतरीन काम किया